शपथग्रहण समारोह को जनपथ पर किए आयोजित किए जाने की अनुमति को लेकर आज उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया लेकिन न्यायालय ने जनपथ के स्थान पर समारोह अमरूदों के बाग में आयोजित करने के लिए सशर्त अनुमति दी इसके बाद शपथग्रहण समारोह का स्थान अल्बर्ट हॉल तय किया गया शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अलावा सहयोगी पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की भी संभावना है उधर जयपूर में राजभवन और सरकार के आला अधिकारियों ने नई सरकार के शपथग्रहण समारोह की तैयॉरियां शुरू कर दी हैं आज जयपुर स्थित शासन सचिवालय में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसमें शपथग्रहण की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव और सचिव शामिल हुए उधर राजभवन के अधिकारियों ने भी शपथग्रहण को लेकर होने वाली जरूरी औपचारिकताओं पर काम शुरू कर दिया है

बडी संख्या में कांग्रेस विधायक पार्टी नेता कार्यकर्ता और उनके समर्थक श्री गहलोत से मिलने उनके आवास पर पहुंचे उन्हें बधाई देने वालों में विधायक डॉ जितेन्द्र सिंह विश्वेन्द्र सिंह महेश जोशी अशोक चांदना शामिल हैं उधर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से मिलने और उन्हें बधाई देने वाले लोगों की भीड लगी रही इनमें ज्यादातर वो विधायक शामिल हैं जिन्हें सोमवार को बनने वाले मंत्रिमण्डल में शामिल किये जाने की संभावना है श्री गहलोत को बधाई देने वालों में पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारी भी शामिल रहे पुलिस महानिदेशक ओ पी गल्होत्रा समेत पुलिस विभाग के कई उच्च अधिकारियों ने श्री गहलोत से मुलाकात की

हालांकि वृहद पीठ ने सरकार को बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार कंपाउंड करने की राहत जरूर प्रदान की है मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग न्यायमूर्ति संगीत लोढ़ा और अरुण भंसाली की वृहदपीठ ने मास्टर प्लान को लेकर आज फैसला सुनाया

इन निर्देशो में से कृछ बिन्दू पर सरकार की ओर से संशोधन करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर गौर करने से खंडपीठ ने इनकार कर दिया

केन्द्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है

पणजी से शुरू हुई यह यात्रा विभिन्न राज्यों से होती हुई सिरोही जिले के पिण्डवाडा पहुंची

अधिकारिक सूत्रो के अनुसार अभियान के तहत पांच जिलों में दो वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीके लगाये जायेंगे इन पांच जिलों में बांसवाडा बाड़मेर चित्तौडगढ नागौर और सवाईमाधोपुर शामिल हैं

राष्ट्रपति ने आज गुजरात में नर्मदा जिले के केवडिया में एक नए अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की आधारशिला भी रखी

इससे पहले राष्ट्रपति नर्मदा जिले की केवडिया कॉलोनी में सरदार बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को देखने गए जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है राष्ट्रपति ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी स्थल पर वेली ऑफ फ्लावर्स वॉल आफ यूनिटी संग्रहालय तथा प्रदर्शनी सभागारों और दर्शकदीर्घा जैसे विभिन्न स्थानों को देखा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्य तिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल के विचार तथा देश की एकता के लिए उनके सुढ़ढ़ प्रयास पीढ़ियों तक भारतीयों को प्रेरित करते रहेंगे सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रंद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश उनके अमूल्य योगदान का सदा ऋणी रहेगा

भारत में महिलाओं की अनुकरणीय गाथाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें पहचान दिलाने के उद्देश्य से यह पुरस्कार प्रदोन किया जाता है इस वर्ष का विषय महिलाएं और उद्यमिता है श्री नायड् समारोह में उन्नत महिला उद्यमिता पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे ये पोर्टल न सिर्फ देश में उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन लाने के प्रयास करेगा बल्कि भविष्य में उभरती हुई महिला उद्यमियों के लिए एकल संसाधन केन्द्र के रूप में भी कार्य करेगा

औद्योगिक नीति और संवर्द्वन विभाग द्वारा स्टार्टअप को जीईएम से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है जीईएम सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यमों की अधिकतम संख्या को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक अभियान के रूप में काम कर रहा है छोटे उद्योगों को जीईएम प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए प्रोत्साहन और सहायता दी गयी है उन्हें भूगतान पर छूट और ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है

तेज सर्दी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है

वहीं कई स्थानों पर सुबह घना कोहरा छाया रहा सर्दी बढ़ने के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न पर्यटनस्थलों पर आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी है जयपुर माउंटआबू जोधपुर उदयपुर जैसलमेर और सवाईमाधोपुर में पिछले एक सप्ताह में भारी तादाद में सैलानी आए हैं हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि रेत के धोरों में किसमिस और नववर्ष मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं